राज्य में कुपोषण को मात देने के लिए मोबाइल कुपोषण उपचार वैन सेवा शुरू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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल जायेंगे श्री मोदी तमिलानाडू में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे वे आज सुबह लगभग सवा ग्यारह बजे चेन्नई में अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक एमके वन ए सेना को सौंपेंगे

नौ किलोमीटर लम्बी यह रेल लाइन उत्तरी चेन्नई को हवाई अड्डे और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी प्रधानमंत्री चेन्नई बीच और अत्तिपत्तू के मध्य चौथी रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे

यह रेलखण्ड चेन्नई बंदरगाह को एन्नूर बंदरगाह से जोड़ेगा प्रधानमंत्री विल्लुपुरम कुड्डलूर तंजावुर और मैलादूतुरई तिरुवरुर रेलखण्ड के विद्युतीकरण का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार जीर्णोद्वार और आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे इससे इस नहर की जलधारण क्षमता बढ़ेगी श्री मोदी आई आईटी मद्रास में डिस्कवरी परिसर की आधारशिला भी रखेंगे यह परिसर चेन्नई के पास तय्यूर में प्रस्तावित है वहीं वे आज केरल में बीपीसीएल की प्रॉपीलीन डेरिवेटिव पेट्रो रसायन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे इस परिसर में एक्रीलेट एक्रिलिक एसिड और ऑक्सो एल्कोहल का उत्पादन होगा जिसके लिए अबतक आयात पर निर्भर रहना पड़ता था इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग चार हजार करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है इस परियोजना के उद्घाटन के साथ ही कोच्चि तेलशोधक देश में उत्तम गुणवत्ता वाले पेट्रो रसायन का उत्पादन करने वाला पहला कारखाना बन जाएगा

लोकसभा में यह विधेयक कल पारित हुआ जबकि राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेश कैडर के साथ जम्मू कश्मीर संवर्ग का विलय करने का प्रावधान है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एन डी ए सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई है

श्री शाह ने कहा कि सुदूर इलाकों के विकास कार्य पूरे किए जाएंगे

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केन्द्रीय बजट के प्रावधानों के माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है यह बजट कोविड से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकर के सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की बडी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी लोकसभा में कल आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और अर्थव्यवस्था के दीर्घ अवधि विकास के लिए कई कदम उठाए राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की सातवीं से दसवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की शुल्क छह सौ रूपये से घटाकर एक सौ रूपया कर दिया है यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लिया गया है इसके तहत अब सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सौ रूपये शुल्क देना होगा वहीं अनुसूचित जनजाति आदिम जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पचास रूपये शल्क देना होगा परीक्षा शल्क केडिट कार्ड डेबिड कार्ड इंटरनेट बैंकिंग और एसबीआई बैंक के चलान के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे शुल्क के साथ बैंक चार्ज अतिरिक्त लगेगा वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्त हैं उन्हें परीक्षा शुल्क में पूरी छूट दी जायेगी जेपीएससी द्वारा चार सिविल सेवा परीक्षा के लिए कल से आयोग की वेबसाइट पर फार्म उपलब्ध कराया जायेगा

राज्य में कुपोषण को मात देने के लिए कुपोषण उपचार वैन की शुरूआत कल से की गई मोबाइल मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन दो हजार बीस में कुपोषण से लड़ने के लिए अपनी तरह की पहली योजना है राज्य में कुपोषण के सर्वाधिक मामले चतरा जिले में हैं जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी वर्ष दो हजार बाईस तक कुपोषण की समस्या दूर करने तथा कुपोषित बच्चों की संख्या दस से पंद्रह फीसदी कम करने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखण्ड को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं वैन को सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है वैन में खाना पकाने की जरूरत के समान जैसे स्टोव पैंट्री आइटम आदि वजन मापने की मशीन स्टैडोमीटर एमयूएसी ग्रोथ चार्ट और अन्य चिकित्सा जाँच उपकरण स्थापित किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पहल के लिए वर्तमान में एक वाहन का उपयोग किया जा रहा है

इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे जबकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अनुमति होगी

मंत्रालय ने कहा कि सभी कर्मचारियों और आगंतकों को हमेशा इन उपायों का पालन करना चाहिए

कार्यालयों में खास निवारक उपायों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रवेश के दौरान सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के हाथ को सेनिटाइज करवाया जाना और थर्मल स्क्रीनिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए

राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय ओपन और चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक के पहले दिन बीस किलो मीटर की ओलंपिक क्वालीफायर वॉक का आयोजन हुआ इसमें पुरुष वर्ग के अंतर्गत हरियाणा के संदीप कुमार व राहुल ने और महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की प्रियंका ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया संदीप कुमार ने एक घंटे बीस मिनट सोलह सेंकंड का समय लिया वहीं राहुल ने एक घंटे बीस मिनट छब्बीस सेकेंड का समय निकाला प्रियंका गोस्वामी ने एक घंटा अठाईस मिनट पैतालीस सेकेंड की टाइमिंग के साथ ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने जेपीएससी परीक्षा शुल्क की राशि घटाने की खबर के साथ साथ कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने अपने पन्ने पर लिखा है जेपीएससी ने परीक्षा का शुल्क घटाया अब छह सौ की जगह सौ रूपये

दैनिक हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले लिखा है कहीं पर कहीं भी प्रदर्शन का हक नहीं दैनिक जागरण ने जेपीएससी परीक्षा शुल्क घटाने पर शीर्षक बनाया है हेमंत ने पूरा किया वादा अब सौ रूपये ही जेपीएससी परीक्षा का होगा शुल्क रांची एक्सप्रेस ने एक सौ अस्सी किलोमीटर पथ के नवीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी शीर्षक को अपनी सुर्खी बनायी है अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विरोध का अधिकार कहीं भी किसी भी समय नहीं हो सकता